इससे पहले कल यहां कुछ स्थानों पर रूकरूक कर और कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने से निचले स्थानों पर पानी भर गया शहर के सांगानेर थाना क्षेत्र में द्रव्यवती नदी में डूबने से कल दो बच्चों की मौत हो गयी पुलिस के अनुसार शिकारपुरा रोड सांगानेर के रहने वाले करीब बारह तेरह वर्ष आय के दो लडके द्रव्यवती नदी के किनारे घूम रहे थे कि पैर फिसलने से नदी में गिर गये

एनडीआरएफ के दल ने दोनो के शवो को बाहर निकाला लगातार हो रही बारिश के चलते बीसलपुर बांध में पानी पहंचना शुरू हो गया है

इधर बूंदी जिले में तेज बरसात से जनजीवन अस्तव्यस्त है शहर की कई बस्तियां जलमग्न है वहीं कई बांध लंबालब हो गये है और उन पर चादर चल रही है बीकानेर जिले में कई स्थानों पर कल सुबह से शुरू हुई मूसलाधार बारिश दोपहर तक जारी रही इससे निचली बस्तियों में पानी भर गया बारां में कल रिमझिम बरसात हुई जोधपुर मंडल के मेडतारोड जोधपुर रेलमार्ग के बीच कुछ समय पूर्व बनाए गए अंडरव्रिज में तेज बरसात से पानी भर गया पाली में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश से सभी बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है भरतपुर जिले में कल कुछ स्थानों पर बारिश हुई

मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटो में अजमेर बांसवाड़ा बारां भीलवाड़ा बूंदी चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर जयपुर झालावाड़ कोटा प्रतापगढ़ राजसमंद सवाईमाधोपुर सिरोही उदयपुर में भारी बरसात की चेतावनी जारी की है क्षेत्रीय स्तर पर सातवीं आर्थिक गणना के काम की शुरूआत आज त्रिपुरा से होगी देश के अन्य राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में गणना अगस्त और सितंबर में शुरू होगी गणना का उद्देश्य देश में सभी आर्थिक प्रतिष्ठानों के संचालन और उनकी संरचना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अलग अलग तरह की जानकारियां उपलब्धत कराना है यह आंकड़े राज्य और जिला स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं बनाने में काम आते हैं

राजसमन्द जिले के आदिवासी विद्यार्थियों के लिये नाथद्वारा भारत दर्शन योजना शुरू की गई है

यात्रा की शुरूआत एक अगस्त से होगी सात दिन की यात्रा के लिये पहला दल नाथद्वारा से रवाना होकर अजमेर जयप्र भरतप्र मथ्रा दिल्ली और अलवर का दौरा करेगा दूसरा दल नाथद्वारा से माउण्ट आबू अम्बाजी अहमदाबाद बडोदरा सूरत नासिक शिरडी औरंगाबाद उज्जैन बांसवाड़ा और उदयपुर का दौरा करेगा बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान में नागौर जिला देशभर में पहले स्थान पर रहा है आगामी सात अगस्त को नई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जिला कलेक्टर दिनेश यादव को प्रस्कार प्रदान किया जायेगा हमारे नागौर संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा किये गये कई नवाचारों की वजह से यह संभव हुआ है

इसी कडी में महिलाओं की सुरक्षा से जुडे मुद्दे पर आज भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी तेजस्विनी गौतम आकाशवाणी पर जयपुर की महिलाओं से सीधे संवाद करेगी

महिलाओं से प्राप्त फीडबैक के बाद जयपुर में महिलाओं की सुरक्षा के व्यापक प्रबन्ध किये जायेंगे

इसमें सरकारी और निजी विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बढचढकर भाग लिया

इस दौरान वे अपने अनुभव विद्यार्थियों और अभिभावकों से साझा करेंगे और जीवन जीने का सकारात्मक संदेश देंगे जैसलमेर में आंकलफाटा पर कल तीन वाहनों के आपस में टकराने से दो लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गये गंभीर रूप से घायल दो लोगों को जोधपुर रैफर किया गया ब्रंदी में पिकअप की टक्कर से मोटरसाईकिल पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया

इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

छह बार की विश्व चैम्पियन एमसी मेरीकॉम ने प्रेसिडेंट कप मुक्केबाजी ट्र्नामेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया है

मैरीकॉम के अलावा सिमरनजीत कौर जमुना बोरो मोनिका अंकुश दहिया नीरज स्वामी और अनंत प्रहलाद चौपड़ा ने स्वर्ण पदक हासिल किये महिला मुक्केबाजों ने सभी चार स्वर्ण और प्ररुष मुक्केबाजों ने तीन स्वर्ण और दो रजत जीते भारत ने टूर्नामेंट में सात स्वर्ण और दो रजत सहित कुल नौ पदक जीते भारत को टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम घोषित किया गया